गीता जयंती महोत्सव के राज्य स्तरीय समारोहों के तीसरे व अंतिम दिन आज राज्यभर से कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार है

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने कहा है कि केन्द्र किसानों को संकट की स्थिति से उबरने के लिये बाज़ार हस्ताक्षेप योजना के जरिये राज्यों की मदद करेगा लोकसभा में आज प्रश्न काल के दौरान शोर गुल के बीच कृछ सदस्यों ने प्याज और आलू उगाने वाले किसानों की द्र्दशा पर चिंता व्यक्त की मंत्रीने अपने उत्तर में कहा कि क्छ कृषि व वस्त्ओं के लिए बाज़ार हस्ताक्षेप योजना पहले ही मौजूद है म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीय्ष गोयल से रोहतक में बनाए गए ऐलीवेटिड रेलवे ट्रैक की तर्ज पर कैथल में नरवाना क्रूक्षेत्र रेलवे लाईन को भी ऐलीवेटिड रेलवे ट्रैक बनाने का आग्रह किया है लोक निर्माण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक के पहले ऐलीवेटिड ट्रैक की तर्ज पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजैक्ट लगाने के सरकार को अन्रोध मिले हैं

संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई राफेल हवाई सौदे सहित कई म्द्दो को लेकर आज भी बाधित रही लोकसभा और राज्यसभा की बैठक आज सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हई तीखी नोक झोंक के कारण स्थगित कर दी गई

गत चार माह के दौरान क्ल दो हजार पांच सौं अट्ठानवे मरीजों ने विभिन्न अस्पतालों में उपचार कराया है

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी पहचान प्रणाली के तहत राज्य के दो लाख ग्यारह हजार छ सौ सत्तर लोगों को गोलडन कार्ड को अन्मोदित किया गया है इसमें से एक लाख पचानवे हजार छ सौ चौरानबें के आधार कार्ड से लिंक किया गया है हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने डिजीटल इंडिया अभियान में कदम बढ़ाते हए शिक्षा सेत् मोबाइल एप श्रू कर दी है जिस माध्यम से प्रदेश के सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों को हाजरी फीस ऑनलाइन एडमिशन छात्रवृति के अलावा लैक्चरारों एवं निदेशालय के अधिकारियों का विवरण उपलब्ध होगा

साथ ही आवश्यक नोटिस सर्कूलर एवं अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी इस एप तत्काल मिलेगी

इसलिये हर य्वा को गीता में जीना होगा और हर दिन इस ग्रंथ के कम से कम दो श्लोकों को अपने जीवन में धारण करना होगा विदेश मंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान थीम पार्क मे आयोजित वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी श्रीमती स्वराज ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है क्योंकि भगवान कृष्ण के म्ख् से निकली वाणी से ही इसकी सूचना हई थी इस मौके पर हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कृमार बेदी ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता मोक्ष प्राप्ति की राह दिखाता है आज के कार्यक्रम मे विदेश मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मंत्रोच्चारण और शंखानाद की ग्रंज तथा गीता प्रजन के साथ दीप प्रज्जवलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने आज रिवाड़ी के बालभवन में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे दिन प्रात कालीन सत्र मे अपने सम्बोधन में कहा कि ग्रंथो लोकप्रियता मे गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है गीता मे अत्यंत प्रभावशाली ढंग से धार्मिक सहिष्ण्ता की भावना प्रस्त्त की गई है जो भारत संस्कृति की विशेषता है श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि श्रीमद भगवत गीता हमारी प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो ज्ञान कर्म और भक्ति का बेजोड़ संगम है द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने जिन परिस्थितियों में गीता जान का अद्वारह अध्यायों में समाहित किया था वह मानव जाति के कल्याण का मार्ग हमेशा प्रशस्त करता रहेगा राज्य मंत्री श्री सैनी अम्बाला में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे दिन अम्बाला के तीसरे व अंतिम दिन उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उधर सोनीपत में तीन दिवसीय गीता जंयती महोत्सव के तीसरे दिन प्रात कालीन सत्र में गीता शोभा यात्रा को स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने झंडी दिखाबर रवाना किया

इस अवसर पर अपने सम्बोध्न में श्रीमती जैन ने कहा कि गीता एक प्स्तक नहीं यह जीवन की मार्ग दर्शक है तीन दिवसीय आयोजन का उद्देश्य हर धर्म वर्ग व बच्चों बुज्गो को गीता के संदेशो का ज्ञान देना और इससे प्रेरित करना है

पलवल में महात्मा गांधी साम्दायिक केन्द्र व पंचायत भव में आयोजित जिला स्तरीय गीता महोत्सव के तीसरे दिन आज उपाय्क्त डा मनीराम शर्मा ने शिरकत की उन्होंने प्रशासन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और बाद मे श्रीमद भगवद गीता पर प्ष्प अर्पित कर दीप प्रज्जवलित किया और सेमीनार का श्भारंभ किया अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म करने और फल की चिंता न करने का जान दिया है सेमिनार मे गीता में दिये गये कर्म और ज्ञान के सिद्वांत पर विस्तृत चर्चा हई भिवानी में तीन दिन तक चले गीता जयंती समारोह का आज रंगारंग तरीके से समापन हआ आज विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रस्त्तियां दी विभिन्न विभागों ने स्टाल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी इस मौके पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहंचे उपाय्कत अंशज सिंह ने कहा कि गीता एक प्रम्ख ग्रंथ है जिसके उपदेशों को सुनने व आत्मसात करने का मौका हम सबको मिला है सिरसा के नेहरू पार्क में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे दिन शोभायात्रा को झंडी दिखाने से पूर्व सम्बोधन में चौधरी देवीलाल विश्वविदयालय के कुलपति डा विजय कुमार ने कहा कि भारत गीता की धरती है यहां का धर्म व सांस्कृतिक मूल्य भारत को द्निया में अद्वितीय बताते है हम सौभाग्यशाली है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है कुरूक्षेत्र में ब्रहम्सरोवर में पश्चिमी तट पर गीता क श्लोकों की गूंज के बीच स्क्ली छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया यम्नानगर में सूचना एवं जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग दवारा जिला प्रशासन व जिला परिषद के संय्क्त तत्वाधान में बाल भवन के सभागार में आज श्रीमद भगवत गीता पर सेमीनार आयोजित किया गया जिसमें वक्ताओं द्वारा गीता की महता व सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त किये गये वक्ताओं ने सभी का आहवान किया कि वे गीता के प्रभाव को समझें गीता के हर श्लोक का मनन करे और जीवन मे इसके उच्च विचारों को अपनाये आज मंगलवार को तापमान में ओर गिरावट आने से पंजाब हरियाणा के अधिकतर भागों में शीत लहर जारी है मौसम विभाग के अन्सार पंजाब में आदमप्र सबसे ठंडा क्षेत्र रहा जहां तापमान एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया